हालांकि कुछ स्थानों पर मतदान केन्द्रों के बाहर अभी भी मतदाताओं की कतारें लगी हैं और इनके मतदान के साथ ही मतदान प्रक्रिया सम्पन्न हो जाएगी

कांग्रेस भाजपा और बहजन समाज पार्टी ने सभी चारों सीटों पर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं

मतदान नेता वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अपने परिवार सहित सराज विधानसभा क्षेत्र के भराड़ी मतदान केन्द्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोगों से बढ़ चढ़ कर मतदान करने का आग्रह किया वरिष्ठ भाजपा नेता व केन्द्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड़डा ने बिलासपुर जबकि हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने समीरपूर में अपने परिवार सहित वोट डाले भाजपा नेता महेन्द्र सिंह ठाकर ने धर्मप्र विधानसभा क्षेत्र के तहत रिछली जबकि मंडी संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा ने जोगिन्द्रनगर के जलपेहड में वोट डाला भाजपा नेता व मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कृटलैहड विधानसभा क्षेत्र के क्यारियां बूथ में मतदान किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला के जाख आनंद शर्मा ने कलस्टन मतदान केंन्द्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया भाजपा नेता सुरेश भारद्वाज ने छोटा शिमला प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने उना सदर के टब्बा मतदान केंद्र में वोट डाला जबकि कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली क्षेत्र के गोंदपुर जयचंद में अपने मताधिकार का प्रयोग किया श्याम सरण देश के पहले मतदाता श्याम सरण नेगी ने किन्नौर जिले के कल्पा में अपने परिवार के साथ मतदान किया जिला प्रशासन ने रेड कारपेट बिछाकर पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धनों के बीच उनका स्वागत किया जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल चंद ने श्याम सरण नेगी को शॉल व टोपी पहनाई श्याम सरन नेगी ने कहा कि लोकतंत्र की मज़बूती के लिए मतदान करना सभी का कर्तव्य है बहिष्कार चंबा जिले के पांच मतदान केन्द्रों में मांगे पूरी न होने से नाराज लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया भटियात विधानसभा क्षेत्र के रखैड़ धामग्रां और चुराह विधानसभा क्षेत्र के साहू व ज्योरी में सड़क की समस्या के चलते लोगों ने वोट नहीं डाले लंगेरा में लोगों ने मोबाइल टॉवर लगाने को लेकर अपना विरोध जताया ज्वांस पंचायत के बसुआ मतदान केन्द्र में लोगों ने चक्का जाम किया हालांकि बाद में उन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया दूसरी ओर स्पीति घाटी के सीमावर्ती गांव ग्यू में भी लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया लोगों का कहना है कि क्षेत्र में भूमि कटाव की समस्या लंबे समय से बरकरार है और सरकार ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया है

मृतकों में किन्नौर जिले के सपरी के विनीत कुमार सोलन जिले में अर्की के देवी सिंह और मनाली के लोटराम शामिल हैं रोहतांग लाहौल स्पीति का प्रवेशद्वार रोहतांग दर्रा आज सुबह यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है

कुल्लू के उपायुक्त युनुस ने बताया कि फिलहाल दर्रे से छोटे वाहनों को गुज़रने की अनुमति दी गई है उन्होंने कहा कि रोहतांग दर्रे को खोलने के कार्य में सीमा सडक संगठन ने कड़ी मेहनत की है और संगठन इसके लिए बधाई का पात्र है उन्होंने बताया कि रोहतांग में पार्किंग की समुचित व्यवस्था कर जल्द ही पर्यटक वाहनों को भी दर्रे की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी उपायुक्त ने ये भी कहा कि रोहतांग और मढ़ी में कूड़ा कचरा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी